बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस बार बजट आकार दो लाख अठारह हजार तीन सौ तीन करोड़ रूपये है यह पिछले वर्ष की तुलना में छह हजार पांच सौ इकतालीस करोड़ रूपये अधिक है बजट में राज्य सरकार की कुल आमदनी दो लाख अठारह हजार पांच सौ दो करोड़ रूपये रहने का अनुमान है

वित्त मंत्री ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने दलहन के लिये भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की

इसके लिये बजट में चार हजार छह सौ इकहत्तर करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य अगले पांच सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के बीस लाख नये अवसर सृजित करना है श्री प्रसाद ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता नाम से एक नये विभाग का गठन किया जायेगा जिसके अंतर्गत आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान भी शामिल होंगे

वहीं महिला उद्यमियों को पांच लाख रूपये ऋण अनुदान और पांच लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में किये गये प्रयासों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इंटर पास अविवाहित छात्राओं को पच्चीस हजार रूपये और स्नातक पास करने वाली सभी छात्राओं को पचास हजार रूपये दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार में पैंतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है और कार्यालयों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास कर रही है

राजगीर में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी बजट में प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट संतुलित है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि दो हजार पांच से अब तक राज्य की विकास दर दो अंको में रही है और इस बार का बजट इसे और गति देगा उन्होंने कहा कि बजट में सात निश्चय योजना के पहले चरण के तहत अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये राशि का प्रावधान किया गया है

उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में लोक कल्याणकारी और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखती है उन्होंने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को पूरा करेगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने बजट को पूर्णतः संतुलित और विकास परक बताया है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बजट जनता के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सार्थक प्रयास है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बजट सात निश्चय पार्ट टू के तहत होने वाले कार्यों को मजबूती प्रदान करेगा बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में जनभावनाओं की अनदेखी की गयी है पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि बजट में किसानों और गरीबों की अनदेखी की गयी है भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बजट को निराशाजनक और नाकारात्मक बताया है उद्योग जगत और आम लोगों की बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आयी है जाने माने अर्थशास्त्री डीएन झा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में उद्यमिता के माध्यम से विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश की गयी है बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी ने बजट में की गयी घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि अगर सही तरीके से सभी क्षेत्रों में काम होता है तो रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे

एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए मंत्रियों को तैयार रहना चाहिए इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद विधायक दल की बैठक में विधायकों से सरकार के खिलाफ तथ्यगत और आक्रमक रणनीति बनाये रखने का आग्रह किया उन्होंने सदस्यों से सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने का आग्रह किया बिहार विधान परिषद में लोक जनशक्ति पार्टी की एक मात्र सदस्य नूतन सिंह भाजपा में शामिल हो गई नूतन सिंह के भाजपा में शामिल होने से पचहत्तर सदस्यीय विधान परिषद में लोजपा का अब कोई सदस्य नहीं रह गया है विधान परिषद में जनता दल युनाइटड के तेईस और भाजपा के इक्कीस सदस्य हैं एनडीए के दो अन्य सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और विकासशील इन्सान पार्टी के एक एक सदस्य हैं विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के छह कांग्रेस के चार और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के दो विधान पार्षद हैं सदन में एक सदस्य निर्दलीय हैं जबकि सोलह सीटें रिक्त हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों को अब प्रति माह पचास हजार रूपये दिये जायेंगे विधान परिषद में वीरेन्द्र नारायण यादव के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को यूजीसी के प्रावधान के अनुसार राशि दी जायेगी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कोविड उन्नीस टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में मौजूद थे कृछ राज्यों में कोविड उन्नीस के मामलों की संख्या में अचानक आयी बढोत्तरी के मद्देनजर यह बैठक बुलायी गई थी गृह मंत्री ने देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अभियान सफलतापूर्वक चलता रहेगा केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक एक करोड चौदह लाख चौबीस हजार चौरानवे लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में बताया कि पचहत्तर लाख चालीस हजार छह सौ दो स्वास्थ्यकर्मियों में से चौसठ लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक तथा ग्यारह लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है कुल अड़तीस लाख तेरासी हजार चार सौ बानवे अग्रिम पंक्ति को कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है बिहार में कल पचपन हजार नौ सौ नवासी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का द्रसरा टीका लगाया गया राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक पांच लाख इक्यासी हजार आठ सौ तिरेपन लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं इस बीच राज्य में अब तक दो लाख साठ हजार एक सौ सैंतालीस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो प्रतिशत हो गई है

कटिहार जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग इकतीस स्थित कोसी पुल पर आज सुबह ट्रक और एक वाहन के बीच हुई सीधी टक्कर में वाहन में सवार छह लोगों की मौत हो गई है जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्सेला में भर्ती कराया गया है पूलिस ने बताया कि सभी मृतक समस्तीपुर जिले के रोसड़ा के रहने वाले थे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार बजट से जूड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है बजटीय प्रावधानों को अंदर के पन्नों पर भी जगह दी है हिन्दुस्तान ने बजट की खबर को आंकड़ों और तस्वीर के साथ प्रकाशित करते हुए लिखा है महिलाओं और युवाओं पर मेहरबान दैनिक जागरण ने बजटीय प्रावधानों का शीर्षक लगाया है गांव शहर सबका मंगल दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक खबर का शीर्षक लगाया है घर खरीद के लिए एक देश एक विधान अब एक करार भी हो